निर्वाचन विभाग द्वारा प्रदेश में मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं

चुनाव प्रचार इस बीच राज्य में चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है भाजपा व कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज कुल्लू जिले के आनी और मंडी के जंजैहली व पनारसा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे वहीं भाजपा नेत्री व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज पालमपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाकुर कांगड़ा से किशन कपूर शिमला से सुरेश कश्यप और मंडी से पार्टी प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा अपने अपने क्षेत्रों में होने वाले जनसंपर्क अभियानों में मौजूद रहेंगे दूसरी ओर कांग्रेस के स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू आज नालागढ़ में शिमला लोकसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार धनीराम शांडिल के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर शिमला के नारकंडा संजौली और फागली में चुनावी रैलियां करेंगे प्रचार सीपीएम माकपा की स्टार प्रचारक व पोलित ब्यूरो सदस्य सुभाषिनी अली सहगल ने केन्द्र सरकार पर किसान महिला और मजदूर विरोधी नीतियां लागू करने का आरोप लगाया है वे कल मंडी संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी दलीप सिंह कायथ के पक्ष में ननखड़ी में जनसभा को संबोधित कर रही थीं इस मौके पर माकपा विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि कांग्रेस व भाजपा सरकारों ने कृषकों और पशु पालकों के हितों की अनदेखी की है भू स्खलन चंबा पठानकोट वाया जोत मार्ग पर मंगला के समीप बीती रात भारी भू स्खलन होने से पहाड़ काटने वाली मशीन का चालक मशीन सहित मलबे में दब गया है इसके अलावा एक अन्य वाहन के भी मलबे की चपेट में आने से इसका चालक घायल हुआ है चंबा से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि प्रशासन द्वारा राहत व बचाव कार्य चलाया जा रहा है मगर अभी तक चालक का कोई पता नहीं चल पाया है वहीं सड़क के बंद हो जाने से दोनों तरफ वाहन फंसे हुए हैं और स्कूली बच्चों सहित अन्य लोगों को आवाजाही में मुश्किल हो रही है

राज्य बिजली बोर्ड के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकतर समाचार पत्रों ने छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है सीबीआई की दूसरे दिन भी दर्जन भर संस्थानों पर दबिश दैनिक जागरण के शब्द हैं सीबीआई ने खंगाले निजी शिक्षण संस्थानों के बैंक खाते दैनिक भास्कर का शीर्षक है सोलन सिरमौर के कई संस्थानों में सीबीआई के छापे रिकॉर्ड जब्त आपका फैसला के अनुसार बिलासपुर में दूसरे दिन भी जारी रही सीबीआई की रेड न्यूजीलैंड और ओमान को दिया निवेशक महासम्मेलन का न्यौता शीर्षक से दैनिक सवेरा टाइम्स ने खबर दी है निवेशक महासम्मेलन की तैयारियों में जुटी अफसरशाही दिव्य हिमाचल का कहना है मोनो ट्रेन की संभावनाएं तलाशने विदेश पहुंचे आवासीय आयुक्त संजय कुंडू

अमर उजाला ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान को सुर्खी दी है हिमाचल में जीत की नहीं मार्जिन बढ़ाने की जंग हिमाचल दस्तक के शब्द हैं लीड देने वाले विधायक ही बनेंगे कैबिनेट मंत्री आपका फैसला ने बकौल केंद्रीय मंत्री जे पी नडडा लिखा है देश की जनता मोदी को एक बार फिर देखना चाहती है प्रधानमंत्री दैनिक भास्कर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के हवाले से लिखता है पीएम कर रहे गलत भाषा का इस्तेमाल सीएम की भाषा से हैरान